राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजित डोभाल ने कल उत्तर पूर्वी दिल्ली के हिंसाग्रस्त इलाकों का दौरा कर स्थिति का जायजा लिया

उन्होंने गृहमंत्री को कानून और व्यवस्था की ताजा स्थिति और सामान्य स्थिति की बहाली के लिए उठाये गये कदमों की जानकारी दी

भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्याक्ष जे पी नड्डा ने कहा है कि केंद्र सरकार उनके परिवार के एक सदस्य को नौकरी भी देगी इससे पहले दिल्ली के मुख्येमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कल विधानसभा में मृतक के परिवार को मुआवजा देने की घोषणा साथ ही उनके परिवार के एक सदस्यज को नौकरी देने की भी घोषणा की थी

रबी की भारी पैदावार के कारण मुल्य में कमी के अनुमान को देखते हुए किसानों के हित की रक्षा के लिए यह कदम उठाया गया है गृहमंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में मंत्रिसमूह की बैठक में यह निर्णय लिया गया

बेंचमार्ग दर वह न्युनतम दर है जिस पर बैंक ऋण दे सकते हैं

सुक्ष्म और लघु उद्दमों के लिए फ्लोटिंग ऋण दरे पहले से ही एक्सटर्नल बेंचमार्क से जुड़ी हैं इस निर्णय का उद्देश्य मौद्रिक नीति प्रभाव को हस्तान्तरण और सशक्त बनाना है ताकि प्रमुख ऋण दरों में कटौती का लाभ मझौले उद्दमियों को मिल सके रिजर्व बैंक के अनुसार उन क्षेत्रों में मौद्रिक नीति हस्तांतरण में सुधार हुआ है जहां फ्लोटिंग दर पर नए ऋणों को एक्सटर्नल बेंचमार्क से जोड़ा गया है

कौशल विकास और उद्यमिता मंत्री महेन्द्र नाथ पाण्डे ने आकाशवाणी से बातचीत में कहा कि कौशल विकास के क्षेत्र में क्रांतिकारी बदलाव लाने के लिए सरकार ने इस योजना को स्कूली शिक्षा से जोड़ने का फैसला किया है

इस अभियान के तहत कल केन्द्रीय सूचना और प्रसारण मंत्रालय के क्षेत्रीय लोक सम्पर्क ब्यूरो सिरोही की ओर से जिले के झाड़ोली में स्वामी विवेकानन्द राजकीय मॉडल स्कूल में जागरुकता कार्यक्रम आयोजित किया गया इस कार्यक्रम में असम का प्रसिद्ध नृत्य बिह् प्रस्तुत किया गया साथ ही एक भारत श्रेष्ठ भारत पर भाषण प्रतियोगिता सहित कई अन्य प्रतियोगिताएं आयोजित की गईं जिनके विजेताओं को पुरस्कार भी दिये गये

हादसा जिले के लाखेरी थाना क्षेत्र के पापड़ी गांव के पास उस समय हुआ जब पुलिया पर जा रही बस अनियंत्रित होकर नदी में गिर गई बस में सवार लोग एक शादी समारोह में भात भरने के लिए कोटा से सवाईमाधोपुर जा रहे थे